प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्बोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन को समय की मांग बताया उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जब उन्नीस सौ पैतालिस में किया गया था उस समय की परिस्थितियां अलग थीं आज परिस्थितियां अलग हैं उन्होंने कहा कि आज की आवश्यकतायें और चुनौतियां भी अलग हैं प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए कहा कि भारत के लोग इस बात से चितिंत हैं कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों में अपना योगदान देने से कब तक अलग रखा जायेगा अध्यक्ष महोदय संयुक्त राष्ट्र के प्रतिक्रियाओं में बलदाव व्यवस्थाओं में बदलाव स्वरूप में बदलाव आज समय की मोंग है संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है भारत के एक सौ तीस करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अट्ट विश्वास है वह आपको बहत देशों में मिलेगा लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भोरंत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफार्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसके पूरा होने का बहुत लम्बे समय से इन्तजार कर रहे हैं आज भारत के लोग चिंतित है कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एण्ड तक पहुंच पायेगा आखिर कब तक भारत को संयुक्त रराष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्वर से अलग रखा जायेगा अध्यक्ष महोदय जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने अध्यक्ष महोदय जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव ं दुनिया के बहत बड़े हिस्से पर पड़ता है उस देश को आखिर कब तक इन्तजार करना पड़ेगा

कोविड महामारी के कारण इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिकांश रूप से वर्चुअली आयोजित की जा रही है इस सत्र के दारान भारत के प्राथमिकता वाले मुद्दों में आतंकवाद से निपटने में वैश्विक कार्रवाई को और मजबूत करना शामिल है भारत की प्राथमिकता का अन्य मुद्दा सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर अपनी सक्रियता जारी रखना है भारत अगले वर्ष जनवरी से दो वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य होगा इसको प्राथमिकताओं में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए समग्र और उत्तरदायी समाधान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सब के लिए प्रौद्योगिकी और शांति सेना को व्यवस्थित रूप देना शामिल है

उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में पॉजिटिविटी में उल्लेखनीय कमी है जो यह संकेत देता है कि संक्रमण को रोकने में प्रदेश सरकार की रणनीति कारगर सिद्ध हो रही है

मुख्यमंत्री ने लखनऊ जनपद में कोरोना नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी उन्होंने कहा कि प्रदेश के सोलह जनपदों में जहाँ कोरोना के सौ से ज्यादा मामले आ रहे हैं वहाँ अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है इन अधिकारियों को चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन जारी किये जायें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि संसद द्वारा पारित कृषि बिलों से किसानों को फायदा पहुंचेगा

उन्होंने कहा कृषि बिल के माध्यम से देश के किसी भी कोने में किसानों को अनाज बेचने की स्विधा होगी किसानों को मंण्डी शुल्क नहीं देना होगा वे अपनी फसल प्रतिस्पधी कीमत पर बेच सकेंगे

उन्होंने कहा कि विपक्ष निजी स्वार्थो के कारण कोरोना काल में भी किसानों को बरगला रहे हैं

इस कार्यकारिणी में बारह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आठ महासचिव तेरह राष्ट्रीय मंत्री के साथ साथ युवा मोर्चा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा किसान मोर्चा अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को भी नियूक्त किया गया है उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्तमंत्री रहे रजेश अग्रवाल को पार्टी का नया राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है सांसद श्री राजकुमार चरण को किसान मोर्चा का नया अध्यक्ष बनाया गया है भाजपा सांसद विनोद सोनकर और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है आकाशवाणी के साथ खास बातचीत में श्री हरीश द्विवेदी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्हें जिस जिम्मेदारी को सौपा है उसे वह स्वीकार करते हैं और पार्टी के आदर्शो पर चलते हुए उसे पूरा करने का हर सम्भव प्रयास करेंगें

मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व दिया गया हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा की नई टीम को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने कहा मुझे विश्वास है कि वे निःस्वार्थभाव और समर्पण के साथ भारत के लोगों की सेवा की हमारी पार्टी की गौरवशाली परम्परा को बनाये रखेंगे प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार हजार चार सौ इक्कीस नये कोरोना के मामले मिलने के बाद अब राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या सत्तावन हजार छियासी हो गयी है

उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना ठीक होने की दर तिरसी दशमलव छः चार प्रतिशत हो गयी है प्रदेश में अब तक कुल पाँच हजार पॉच सौ सत्रह लोगों की कोरोना से मौत हुई है उन्होंने बताया कि कल एक लाख छप्पन हजार आठ सौ अठ्ठाइस कोरोना नमूनों की जाँच की गयी और अब तक कुल चौरान्नबे लाख सढ़सठ हजार एक सौ छियासी सैम्पल की जाँच हुई हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध होगा यह आकाशवाणी डीडीन्य्ज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा स्चना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा

किसानों को समय पर बीज कीटनाशक उर्वरक मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से लॉकडाउन के दौरान बडे क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई संभव हो पाई है मंत्रालय ने कहा है कि इसका श्रय किसानों को जाता है जिन्होंने समय पर कृषि गतिविधियां शुरू की टेक्नोलॉजी को अपनाया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया